केन्द्र सरकार के निर्देष के आलोक में राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेष तक बंद रखने का निर्देष दिया है केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा निदेषालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना महामारी को लेकर उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस के लिए विद्यालय शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी वहीं स्कूलों के पूर्ववत संचालन शुरू होने तक केवल मासिक शुल्क लेने का निर्देष दिया गया है षिक्षण शुल्क जमा नहीं कर पाने की स्थिति में किसी भी विद्यार्थी का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा साथ ही विद्यालय में कार्यरत षिक्षक और षिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी